ये अभियान जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर चलाया जा रहा है

प्रदेश में भी भाजपा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और पार्टी इसे भाजपा संगठन पर्व के रूप में मना रही है शिमला मंडल के सदस्यता अभियान का शुभारंभ आज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक कृषि को जन आंदोलन बनाने की जरूरत बताई है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण द्वारा कृषक भ्रमण कार्यकम के तहत कल राज्यपाल ने बसंतपुर विकास खंड की पाहल पंचायत के टभोग गांव का दौर किया आचार्य देवव्रत ने किसान सुरेश ठाक्र द्वारा प्राकृतिक कृषि के तहत किए गए सब्जी उत्पादन का जायजा लिया पदमश्री सुभाष पालेकर और हिमाचल के अलावा उत्तराखंड महाराष्ट्र व राजस्थान के किसान भी इस दौरान उनके साथ थे

मण्डी में कल जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जल संग्रहण पर जोर देते हुए इसे जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया है

कार्यशाला राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाक्र ने कहा है कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा को लेकर विभिन्न कदम उठा रही है ताकि निर्बल व उपेक्षित ग्रामीण महिलाओं को न्याय मिल सके शिमला में पुलिस का महिलाओं के प्रति पुलिस थाने में मानवीय स्वरूप विषय पर आयोजित कार्यशाला में उन्होंने प्रताड़ित महिलाओं के अनुभव पुलिस अधिकारियों से सांझा किये और उन्हें पीड़ित महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता व सकारात्मक रवैया अपनाने पर बल दिया एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने आम बजट से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला और दिव्य हिमाचल की एक जैसी सुर्खी है केंद्रीय बजट में छह दशमलव तीन फीसदी बढ़ गया हिमाचल का हिस्सा पंजाब केसरी के शब्द हैं पीपीपी मोड से लटके रेल प्रोजेक्ट सिरे चढ़ने की संभावना दैनिक जागरण का शीर्षक है बजट में हिमाचल के लिए कृछ विशेष नहीं हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है हिमाचल के फायदे का बजट दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है देश में लागू होगा हिमाचल का प्राकृतिक खेती मॉडल केंद्रीय बजट में हुआ प्राकृतिक खेती का उल्लेख

इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है पर्यटन टेलीकॉम उद्योग में निवेश की संभावनाएं तलाशने आज शिमला पहुंचेगी अंबानी की टीम

पंजाब केसरी की एक अन्य खबर है पौंग डैम में सात युवक नहाने उतरे दो की डूबने से मौत मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है शिमला सोलन सिरमौर मंडी में अगले चार दिन भारी बारिश की चेतावनी